प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र सेवा में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की भूमिका की सराहना की है उन्होंने कहा कि कैडेटों ने बाढ़ से लेकर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है श्री मोदी ने कहा कि कोरोनाकाल के समय लाखों कैडेटों ने देशभर में प्रशासन और समाज के साथ मिलकर काम किया एनसीसी रैली को आज नई दिल्ली में सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान लोगों द्वारा अपनी जिम्मेदारियां निभाने से देश ने इसके कारगर परिणाम देखें हैं और उनके प्रयासों से भारत इस महामारी से बेहतर ढंग से निपट सका है

एनसीसी कैडेटों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए विभिन्न क्षेत्र में अपनी क्षमताएं भी दर्शायीं श्री मोदी ने उत्कृष्ट एनसीसी कैडेटों को पुरस्कार प्रदान किए इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा प्रमुख विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वर्च्अल माध्यम से संबोधित किया

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि भारत की सफलता की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है

पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनो सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत करेंगी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला कल सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं

पहली फरवरी को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दिन में दो बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे से रात नौ बर्जे तक चलेगी

देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित पेश होने वाला यह पहला बजट होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है ताकि ससंद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से सुलभ हो सकें

ऐप में डाउनलोड प्रिंट करने जैसी अनेक सुविधाएं हैं ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा तथा एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफार्म से डाउनलोड के किया जा सकता है

इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने विकसित किया है पहली फरवरी को वित्त मंत्री का बजट भाषण प्ररा होने के बाद बजट दस्तावेज मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज आपके लिए विशेष चर्चा का कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे प्रसारित करेगा

उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान मिला है जिसमें सामाजिक और आर्थिक मानकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पर्यावरण अनुकूल परम्पराओं के प्रोत्साहन को दिखाया गया था केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिज् ने आज गणतंत्र दिवस परेड में शामिल प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए विभिन्न मंत्रालयों विभागों और अर्धसैनिक बलों की नौ झांकियों में से बायो टेक्नोलॉजी विभाग की झांकी सर्वश्रेष्ठ मानी गई केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी अमर जवान को सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष प्रस्कार दिया गया

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक चुनावी सभा को संबोधित किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा वृहत झारखंड का हिस्सा है राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की शासी निकाय ् की बैठक आज रिम्स परिसर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य सचिव के के सोन की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में डीसीआई द्वारा डेंटल कॉलेज के निरिक्षण के दौरान बताई गयी खामियों को ठीक करने के लिए डीसीआई से और वक्त लेने पर सहमति बनी

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है आम जनो के बेहतर इलाज के लिए रिम्स में कोरोना काल से शुरू हयी नयी ई ओपीडी सेवा को नियमित रूप से संचालित करने पर भी सहमति बनी

राज्य सरकार के आग्रह पर बडी संख्या में लोग टीकाकरण केन्द्रों पर जा रहे हैं

यह कार्यक्रम कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं की उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त करना और पढ़ाई में आनेवाले आर्थिक कमी को दूर करने की पहल है जिले के उपायुक्त शशिरंजन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं

यह रैली गोड़डा से शुरू होकर देवघर तक जायेगी राज्य के कृषि मंत्री बादल ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह रैली लोकतांत्रिक तरीके से निकाली जायेगी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक आज से रांची में शुरू हो गई है इसका उदघाटन भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने किया इस मौके पर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी भी मौजूद थे कार्यक्रम को सम्बोधित करते हए श्री मरांडी ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना पार्टी का लक्ष्य है

परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षो में बैटरी तकनीकों में अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को तेजी से चलाने की जरूरत है और अब संक्षिप्त खबरें

ऐसा नहीं करने पर उनके आवास को प्रत्यार्पित कर दिया जायेगा

कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त संदीप सिंह ने की

बाद में संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत हो गई आरोपी पारा शिक्षक को ँगिरफ्तार कर लिया गया है

कोरोना संकमण को देखते हुए पार्टी की केन्द्रीय कमिटी ने यह फैसला लिया है